कोविड उन्नीस की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर होगी चर्चा प्रदेश में पहले चरण के तहत तीन सौ स्थानों पर होगा कोविड टीकाकरण

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस दौरान कोविड उन्नीस की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा की जायेगी देशव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की सोलह तारीख से शुरू होगा

अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में देश में कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी प्रदेश में सोलह जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के लिए तीन सौ स्थानों को चिन्हित किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पहले चरण के लिए सभी नौ सरकारी मेडिकल कॉलेज पांच निजी मेडिकल कॉलेज इक्कीस सदर अस्पताल सत्रह अनुमंडलीय अस्पताल दो सौ आठ प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक नर्सिंग स्कूल तीन रेफरल अस्पताल और छत्तीस निजी स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण होगा उन्होंने बताया कि सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गयी है हर केन्द्र पर पांच स्वास्थ्य कर्मी की टीम रहेगी उन्होंने बताया कि सभी कर्मियों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप टीका लगाने का आदेश दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक दिन में एक केन्द्र पर एक सौ लोगों को टीके दिये जायेंगे पटना स्थित आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए

जिन लोगों को टीके दिये जायेंगे उन्हें भी अगले छह सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया था शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस स्कूल में एक भी संक्रमित पाया जायेगा उसे तत्काल बंद कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है एक दिन में चार सौ आठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार दो सौ छियासठ हो गई है वहीं इसी अवधि में तीन सौ उनसठ नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख छप्पन हजार सात सौ अठहत्तर हो गया है एक दिन में चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ चौंतीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार सतहत्तर है प्रदेशभर में आज से मास्क जांच को लेकर सघन अभियान चलाया जायेगा राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सभी जिलाधिकारियों को दी है जारी आदेश में बस स्टैंड रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जांच अभियान चलाने को कहा गया है मास्क सुरक्षित दूरी के नियम और सरकार द्वारा कोविड की रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कार में अकेले होने पर मास्क पहनने संबंधी निर्देश नहीं दिये गये हैं मंत्रालय ने एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है विधान परिषद की दो रिक्त सीटों के उप चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम भी आज से शुरू हो जायेगा अठारह जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जायेंगे उन्नीस जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि इक्कीस जनवरी तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं अट्ठाईस जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जायेगी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और विधायक विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण इन दोनों सीटों के लिए उप चुनाव हो रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों में वेंडर सर्वे का काम प्रा हो गया है एक सौ बयालीस नगर निकायों में कुल दो लाख अंठावन हजार पांच सौ तेरह वेंडर चिन्हित किये गये हैं

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई ने स्पष्ट किया है कि सत्र दो हजार ग्यारह बारह तक इग्नू से प्राप्त बीटेक डिग्री और इंजीनियरिंग डिप्लोमा को वैध माना जायेगा गौरतलब है कि यूजीसी के निर्देश पर पत्राचार माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पर रोक लगा दी गयी है समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड के सतमलपुर चौक पर अचानक कई पक्षियों की मौत की खबर है स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दे दी है इधर पशुपालन निदेशालय ने मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना टेलीफोन संख्या शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य नौ चार दो पर देने की अपील की है प्रदेश के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों आईटीआई में मेगा स्किल सेंटर खोले जायेंगे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है श्री कुमार ने बताया कि मेगा स्किल सेन्टर में अत्याधुनिक तकनीक से छात्रों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा इन केन्द्रों का संचालन निजी एजेंसियां करेगी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है

दो पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं सोलह जनवरी तक चलेगी एसटीएफ की टीम ने मोतिहारी के पताही से कुख्यात नक्सली जय मंगल ठाकुर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की बीस से अधिक वारदातों में पुलिस को तलाश थी मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाने में पथस्थापित दारोगा हरेराम सिंह को एक व्यक्ति से घूस मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है अररिया जिले के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से पन्द्रह कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है सैयद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेट ग्रुप में आज बिहार की टीम का पहला मुकाबला अरूणाचल प्रदेश से होगा चेन्नई में आयोजित इस टूर्नामेंट में बिहार टीम की कप्तानी आशुतोष अमन कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में आयोजित जूनियर जोनल बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में सीतामढ़ी की टीम विजेता बनी है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 दैनिक भास्कर ने लिखा है भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव बोले खरमास के बाद राजद को मिलेगा जवाब तेजस्वी अब अपनी पार्टी को बचा लें दैनिक जागरण की सुर्खी है जदयू प्रदेश अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है बिहार के लोगों को लगेगा सीरम का टीका प्रभात खबर की सुर्खी है जन औषधि केन्द्रों पर बिक रहे महंगे सर्जिकल आईटम दैनिक आज ने लिखा है प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत राष्ट्रीय सहारा ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है कृषि कानून वापस होने तक दिल्ली बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान

कोविड उन्नीस की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर होगी चर्चा प्रदेश में पहले चरण के तहत तीन सौ स्थानों पर होगा कोविड टीकाकरण